अरुणाचल प्रदेश में तीन स्तर वाली पंचायत प्रणाली को दो स्तर वाला बनाए जाने के बाद पहली बार मतदान कराया गया

कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हए च्नाव आयोग ने मतदान केन्द्रों में दिव्यांगजनों और ब्ज्र्गों के लिए अलग लाइनें बनाने का फैसला किया है

राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा ने भी राजकीय माध्यमिक विदयालय भवन पी सेक्टर में बनाए गए मतदान केंद्र में जाकर अपने वोट डाले

राज्य स्वास्थ्य विभाग दवारा जारी ब्लेटिन के अन्सार सोमवार को तवांग जिले के डी सी एस सी में एक पचास वर्षीय कोविड पॉजटिव प्रुष की मौत हो गई तवांग जिले के खारड़ंग गांव का यह निवासी एनीमिया के साथ लीवर की प्रानी बीमारी से पीड़ित था एस ओ पी के अन्सार शव को सेनिटाइज कर रिश्तेदारों को परामर्ष करने के बाद सौंप दिया गया

सभी नए मामलों में से तवांग जिले से दस ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन तिरप और नामसाई से दो दो और चांगलांग लोअर दिबांग वैली अपर सियांग वेस्ट कामेंग तथा वेस्ट सियांग से एक एक मामला सामने आया है

राज्य में स्वस्थ होने वालो की दर अद्वानवे दशमलव तीन श्र्न्य प्रतिशत हो गई है

टीकाकरण के विभिन्न पहल्ओं के बारे में स्वास्थ मंत्रालय ने बार बार प्रछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किये हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केन्द्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की परेशानी न हो

पंजीकरण के बाद ही उन्हें टीकाकरण के समय और स्थान की जानकारी भेजी जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण प्रणाली को और मजबूत किया जा रहा है और ऐसे इंतजाम किये जा रहे हैं जिससे देश की व्यापक विभिन्नताओं वाली विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके